दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन दोहराया भाजपा ने स्वीकारी पराजय नेट और पीएचडी के छात्रों की मदद के लिए यूजीसी ने बनाया शैक्षणिक रोजगार पोर्टल एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रृंखला में आज सुनिए मणिपुर के इतिहास के क्छ अंश जल सम्मेलन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि पानी की उपलब्धता समाज और सरकार के सामने आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती है सब मिलकर ही इसका मुकाबला कर पाएंगे श्री नाथ आज मिंटो हाल में जलाधिकार कानून को लेकर मध्यप्रदेश सरकार और जल जन जोड़ो आंदोलन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय जल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि सरकार पर्याप्त पानी पहुँच में पानी और पीने योग्य पानी का कानूनी अधिकार देने जा रही है ऐसा अधिकार देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जल पुरुष मेगसेसे पुरस्कार प्राप्त प्रो राजेन्द्र सिंह ने कहा कि जल अधिकार कानून बनाने की पहल कर मप्र ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर किया है कि वे जल संरक्षण और इसके बेहतर उपयोग के लिए काम करें

कांग्रेस पार्टी ने अपने निराशाजनक प्रदर्शन को दोहराया है और पिछली बार की तरह ही उसे एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता मिलने पर आमआदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली वासियों ने नई तरह की राजनीति को जन्म दिया है और संदेश दिया है कि वे उन लोगों को जितायेंगे जो स्कूल और अस्पताल बनवायेंगे और विकास को महत्व देंगे दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि हम जनादेश का सम्मान करते है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल ने ट्वीट के जरिए आप आदमी पार्टी को जीत की शुभकामनाएं दी है

उन्होंने शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिये क्षेत्र और जिला आधार पर कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिये वित्तमंत्री केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि विदेशी निवेशकों का भारत में भरोसा बना हुआ है

वित्तमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है वृद्धि को प्रोत्साहन देने के रिजर्व बैंक के रचनात्मक समाधानों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी राजस्व संग्रह में स्थाई रूप से वृद्धि हो रही है वित्तमंत्री ने कहा कि युवाओं की बेहतरी के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि विश्वविद्यालय कॉलेज और अन्य रोजगार संगठनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्र अपना शैक्षणिक विवरण इस पोर्टल पर दे सकते हैं

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन खान पानपर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हादसे में मृत व्यक्तियों के प्रति श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं